पिछले चौबीस घंटें में दो सौ नए कोरोना मरीज मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार पांच सौ निन्यानबे हो गई है अब तक दो लाख पंद्रह हजार सात सौ आठ लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है एक्टिव केस की संख्या दो हजार आठ सौ बतीस है वहीं स्वस्थ होनेवाले की संख्या दो हजार सात सो अठारह है फिलहाल पूर्वी सिंहमूम रांची और हजारीबाग में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं दुमका गोड्डा जामताड़ा व खूंटी में सबसे कम संक्रमित मिले हैं पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा आठ र्सो तीस संक्रमित मिले हैं इसमें एक्टिव केस चार सौ चौहत्तर है रांची में सात सौ सताईस संक्रमित मिले हैं जबकि एक्टिव केस चार सौ पचहत्तर है हजारीबाग में तीन सौ बिरानबे और सिमडेगा में तीन सौ सतासी संक्रमित मिले हैं दुमका में अब तक सिर्फ सैंतीस संक्रमित मिले हैं जिसमें छब्बीस एक्टिव मामले शामिल हैं वहीं जामताड़ा में बयालीस और खूंटी में तैंतालीस संक्रमित मिल चुके हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे में रिम्स में चार लोगों की मौत हई है इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या बावन हो गई है पहला मरीज धनबाद र्क सूर्य विहार कॉलोनी निवासी अरसठ वर्षीय बुजुर्ग हैं जिन्हें सोलह जुलाई को रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था वह निमोनिया से भी पीड़ित थे वहीं दूसरे मरीज रांची के सुखदेव नगर के रहने वाले पैंसठ वर्षीय बुजुर्ग हैं जिनहें अठारह जुलाई को रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती करया गया था तीसरे मरीज हजारीबाग के रहने वाले सतहतर वर्षीय बुजुर्ग हैं वहीं चौथे मरीज चौवन वर्षीय एक व्यक्ति हैं

राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार श्री मरांडी को चौदह दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहने की सलाह दी गई है धनबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए प्रशासन नई नीति के तहत काम कर रहा है

उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कोरोना के फैलाव को लेकर व्यापक तैयारियां करने का निर्देश दिया है

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये होने वाले इस कार्यक्रम को ई आईसीयू नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरो के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देशभर के अस्पतालों और कोविड केन्द्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं इस कार्यक्रम में विभिन्नं राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे

ई परामर्श सत्र लगभग दो घंटे चलता है इस दौरान कोविड मरीजों के प्रबंधन संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा होती है

सावन की आज तीसरी सोमवारी को दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ की भव्य प्रातः कालीन पूजा हुई मंदिर के प्रधान पुरोहित सदाशिव पंडा ने अपने सहयोगियों के बाबा बासुकिनाथ की शास्त्रीय विधि से पूजा की कोरोना संक्रमण के कारण आज भी प्रधान पुरोहित को छोड़ कर किसी को बाबा मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी आज सावन की तीसरी सोमवारी के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी है यह संयोग सोलह साल बाद बना है

डीसी ने बताया कि सभी विरहोर परिवारों का जिला प्रशासन द्वारा आधार कार्ड राशन कार्ड और जॉब कार्ड बनवाया जा रहा है साथ ही सभी विरहोर परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा पीएम आवास के लिए भूमि चिन्हित कर दो डिशमिल जमीन भी मुहैया करायी जा रही है

एनजीटी द्मका में राजभवन सहित कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण वन भूमि पर बिना अनुमति किए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा है इस संबंध में स्थानीय निवासी रामलखन सिंह ने एनजीटी में मामला दायर किया है फिलहाल इसकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हो रही है

सीबीडीटी ने कहा कि यह ई अभियान करदाताओं की सुविधा के लिए चलाया जा रहा है इस ई अभियान के तहत आयकर विभाग पहचाने गए करदाताओं को ई मेल और एसएमएस भेजेगा जो आयकर विभाग द्वारा वित्तीय लेनदेन के विवरण स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह जैसे विभिन्न स्रोतों से अपने वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी सत्यापित करने के लिए भेजेंगे

कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैप वन मैदान में शहीद चंद्राय सोरेन को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों के साथ हैं आज शहीद का अंतिम संस्कार पैतुक स्थान सरायकेला में किया जाएगा

वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानंद ने बताया कि आरोपियों ने आठ और नौ जुलाई को मुसाबनी के कई क्षेत्रों में उग्रवादी संगठन के नाम पर फर्जी पोस्टर चिपका दिए थे खूंटी जिले के किसान अफीम की खेती को मात देने के लिए अब औषधीय पौधों की खेती करेंगे

इसके लिए सेवा वेलफेयर सोसाईटी ने खूंटी प्रखंड के डेव और मुरहू प्रखंड के कोजडोंग गांव के तेईस किसानों को लेमनग्रास और तुलसी की खेती को लेकर एक्सपोजर विजिट कराया

किसानों ने लगातार सात घंटे तक फार्म में रहकर फसलों को देखा किसानों को प्रशिक्षण दिया

उन्होंने बताया कि उन्नीस जुलीई तक मॉनसून कमजोर रहने से अनुमान से तेरह प्रतिशत बारिश कम हुई है सिर्फ रांची के कुछ हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है और संक्षिप्त खबरें कई आपराधिक मामलों में वांछित अमन साह को रांची और रामगढ के पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है